आज ही जबलपुर के अलावा शेष जिलों के संमागीय मुख्यालयों पर भी लैपटॉप राशि वितरण का कार्यक्रम हो रहा है बार्किंसग सर्बिया में पिछले दिनों आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन ग्लोव बार्किसग टूर्नामेंट में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली मध्यप्रदेश राज्य बार्किंसग अकादमी की खिलाड़ी दिव्या पवार ने प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से मुलाकात की कल हुई इस मुलाकात के दौरान दिव्या ने श्रीमती सिंधिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित अपनी उपलब्धि से अवगत कराया खेल मंत्री ने इस टूर्नामेंट में दिव्या पवार द्वारा किए प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें बधाई दी

पुलिस पहल होशंगाबाद जिले में बालिका सुरक्षा को लेकर पुलिस अनूठा प्रयोग करते हुए समी स्कूलों और कोर्चिंग सेंटरों में सुझाव पेटी लगवा रही है किसी छात्रा को अगर स्कूल से जुड़ा कोई व्यक्ति बस ड्राइवर ऑटो चालक या कोई भी परेशान करता है तो पीड़ित छात्रा उसकी शिकायत लिखकर इस पेटी में डाल सकती है पुलिस ने ऐसी भी व्यवस्था की है कि अगर किसी बच्ची को लिखने में दिक्कत है तो वह चित्र बनाकर भी पेटी में डाल सकती है उस इलाके का बीट प्रभारी हर तीन दिन में पेटी चेक कर उसकी शिकायतें पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना के सामने रखेगा छात्रा की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करेगी

निघन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसिद्ध गीतकार गोपालदास नीरज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री नीरज ने हिन्दी गीतों की एक समृद्ध विरासत खड़ी की है हिन्दी फिल्मों के लिए लिखे उनके गीत लोग वर्षो तक गुनगुनाते रहेंगे वे अत्यन्त संवेदनशील कवि थे सरल शब्दों में गंभीर बातें कहना उनकी विशेषता थी उर नदी परियोजना मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान तीस जुलाई को शिवपुरी जिले के पिछोर में उर नदी परियोजना का शिलान्यास करेंगे

यह परियोजना एक वर्ष के अंदर पूरी होगी और इसके माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुॅचेगा जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के संबंध में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया बाघ श्योपुर जिले के कुनो अभयारण्य में एक बाघ की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं अभयारण्य के बाहरी क्षेत्र मोरवन बीट से गुजर रहे एक शिक्षक ने उस क्षेत्र में घूम रहे एक बाघ की तस्वीर वन विभाग को सौंपी है जिसके बाद वहां बाघ की मौजूदगी पुख्ता हो गई है सूत्रों के मुताबिक अब बाघ की ट्रेकिंग की जा रही है संभवतः यह बाघ राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभोर टाइगर रिजर्व से यहां तक आ पहुंचा है बारिश प्रदेश में फिलहाल बारिश होती रहेगी अगले तीन चार दिन तक मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं

एक ऊपरी हवाओं का चक्रवात भी सक्रिय है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी एक कम दबाव के क्षेत्र के साथ ऊपरी हिस्से में चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है इसके कारण प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होती रहेगी

राज्य में कल रात से आज सुबह तक कई स्थानों पर भारी बारिश हुई हमारे श्योपुर संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश होने से निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है जिससे शहर की सीप नदी पर बना बंजारा डैम का जल स्तर बढ़ गया है

स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सर्तक रहने की अपील की है

इसके लिये जिले में लोगों को जागरूक किया जा रहा है

आज भी वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं